विधानसभा रविवार होने के बावजूद आज विधानसभा की बैठक आयोजित की जाएगी गुरुपूर्णिमा पर अवकाश की भरपाई के लिए यह बैठक आयोजित की जा रही है इससे पहले कल भी देर रात तक सदन की कार्यवाही संचालित की गई जो की हंगामेदार रही देर रात तक विधानसभा चलने का विपक्ष ने विरोध भी किया जबलपुर में आत्महत्या किसानों की कर्जमाफी प्रियंका गांधी को यूपी के सोनभद्र में हिंसा के शिकार परिवारों से मिलने से रोकने जबलपुर में जैन समुदाय के कीर्ति स्तंभ को खण्डित करने और पाठयक्रम से शंकराचार्य और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्याय को हटाए पर हंगामा हुआ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने विधानसभा में विभागीय बजट की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिये सरकार संकल्पित है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में नौवीं से बारहबीं तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा श्री चौधरी ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए भी नियम बनाए जाएंगे

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान डॉ नरोत्तम मिश्रा ने किसानों की कर्जमाफी किसान आत्महत्या और बैंकों द्वारा नोटिस जारी किये जाने संबंधी सवाल किये

बैंकों द्वारा किसानों को बसूली के नोटिस दिये जा रहे हैं जवाब देते हुए किसान कल्याण मंत्री सचिन यादव ने कहा कि किसानों की आत्महत्या की जानकारी सरकार के पास नहीं है

नये राज्यपाल वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के राज्यपाल लालजी टण्डन मध्यप्रदेश के नये राज्यपाल होंगे वे श्रीमती आनंदीबेन पटेल का स्थान लेंगे आनंदीबेन पटेल को अब उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है वहीं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक जगदीप धनकड़ को पश्चिम बंगाल का फाग् चौहान को बिहार का और आरएन रवि को नागालैण्ड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है निधन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा श्रीमती दीक्षित का कल निधन हो गया था

श्रीमती दीक्षित केन्द्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि शीला दीक्षित राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करने के लिए याद की जाएंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि शीला दीक्षित का निधन एक अपूर्णनीय क्षति है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्रीमती दीक्षित के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है

श्री नाथ कल भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सत्रारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे उन्होंने पत्रकारिता के विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने पेशे का सम्मान करें और इसकी शपथ भी लें मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे नवागत छात्र छात्राओं से कहा कि वे एक ऐसे पेशे से जुड़े हैं जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा और ज्ञान के मूल अंतर को समझें

स्थानीय कोचिंग डिपो के पास स्थापित कचरा निपटान यूनिट में अब रेलवे स्टेशन पर निकलने वाले कचरे का निपटान स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा इससे स्टेशन परिसर पहले से ज्यादा साफ सुथरा रहने के साथ स्वच्छता में भी अग्रणी स्थान पा सकेगा

मौसम राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कल से गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो रही है सागर जिले में कल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई जबकि रायसेन जिले में शुक्रवार को बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई थी उधर झाबुआ में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक बालक की मौत होगयी मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कलेशन बनने और ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ने से आज से प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार हैं इस दौरान पश्चिमी मध्यप्रदेश में भी झमाझम बारिश की उम्मीद है मौसम केन्द्र भोपाल ने आज होशंगाबाद बैतूल हरदा उमरिया अनूपपुर शहडोल डिण्डौरी गुना ग्वालियर बालाघाट इंदौर धार सीहोर नीमच और झाबुआ सहित अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का अनुमान लगाया है खेल भारत की पीवी सिन्धु इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में पंहुच गई हैं

फाइनल में आज सिन्धु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है अच्छी खबर के दूसरे अंक में बात रीवा जिले की जिसने लिंगानुपात में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की